यह आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए एक समन्वित संवाद मंच है मुख्मयंत्री मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर आज शिमला में विभिन्न बैठकों की अध्यक्षता करेंगे इसके अलावा वे लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे और अधिकांश का मौके पर निपटारा करेंगे वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि सरकार ने पारम्परिक कलाओं व हस्तशिल्प को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखा है उन्होंने कल ऊना में सरस मेले के शुभारम्भ अवसर पर कहा कि हस्तशिल्प को पुनः जीवन प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना आरम्भ की है वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि इससे ग्रामीण परिवेश के युवाओं का कौशल विकास करने के साथ साथ उन्हें स्वरोजगार के अवसर भी मिलेंगे

कार्यशाला कुल्लू जिले में कार्यरत विभिन्न विभागों के जनसूचना अधिकारियों को सूचना के अधिकार अधिनियम के बारे जानकारी देने के उद्देश्य से कुल्लू में कार्यशाला लगाई गई इस अवसर पर खादी व ग्रामोदयोग बोर्ड के विकास अधिकारी विवेक शर्मा ने अधिनियम के विभिन्न पहलुओं पर बारीकी से चर्चा की और अधिकारियों की कई शंकाओं का समाधान भी किया बेटी बचाओ बेटी पढाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत नाहन में साप्ताहिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है

इस दौरान स्कूलों में नारा लेखन व चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया इधर शिमला में अतिरिक्त उपायुक्त अपूर्व देवगन ने योजना के तहत विशेष अभियान के संबंध में अधिकारियों के साथ एक बैठक की मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम साफ बना हुआ है और अच्छी धूप निकलने से लोगों को ठंड मामूली राहत मिली है हालांकि तापमान में गिरावट के चलते शीतलहर का प्रकोप बना हुआ है मौसम खुलने पर बर्फबारी से प्रभावित इलाकों में सड़क व बिजली व्यवस्था सुचारू बनाने का कार्य आसान होगा मौसम विभाग ने आज दिनभर मौसम शुष्क बने रहने की संभावना जताई है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर मौसम से जुड़ी खबर को आज अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रमुखता दी है पंजाब केसरी की सुर्खी है बर्फबारी के चलते मनाली व शिमला प्रशासन ने किया अलर्ट जारी अभी मनाली न आएं कुफरी में भी स्किड हो रहे वाहन दैनिक जागरण का शीर्षक है बारिश बर्फबारी ने लुढ़काया पारा शीतलहर तेज दैनिक भास्कर के अनुसार रोहतांग धर्मशाला समेत कई जगह बर्फबारी मैदानी इलाकों में बारिश हिमाचल दस्तक के शब्द हैं बर्फबारी से बढ़ी ठिदुरन आज खिलेगी धूप

आपका फैसला के मुताबिक हिमाचल में फिर से बर्फबारी सड़कें बंद बहुचर्चित छात्रवृति घोटाले पर अमर उजाला की सुर्खी है छात्रवृति घोटाले में सीबीआई छापा तीन कमरों का संस्थान निकला फर्जी दैनिक भास्कर का शीर्षक है सीबीआई ने दी दबिश शिक्षण संस्थान का कुछ रिकॉर्ड किया गया जब्त दिव्य हिमाचल के शब्द हैं स्कॉलरशिप घोटाले में ऊना के निजी संस्थान में दबिश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से दैनिक जागरण लिखता है मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द हिमाचल में यथावत लागू होगा नागरिकता संशोधन कानून दैनिक सवेरा का कहना है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जल्द होगा फैसला हिमाचल दस्तक के शब्द हैं दिल्ली से लौटते ही जयराम बोले अब मंत्रिमंडल विस्तार का समय दिव्य हिमाचल के अनुसार सीएए को हिमाचल में करेंगे लागू